कल सायं शिमला में कोविड स्थिति की समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि इन ऑक्सीजन संयंत्रों को प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा जयराम ठाकुर ने कहा कि इन ऑक्सीजन संयंत्रों की सुविधा मिलने से मेडिकल कॉलेजों व अस्पताल में दाखिल मरीजों को निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित होगी

कोविड परीक्षण दर स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा है कि प्रदेश में कोविड परीक्षण की दर लगातार बढ़ रही है

प्रवक्ता ने बताया कि यदि पिछले दो सप्ताह में मृत्युदर की तुलना की जाए तो गत सप्ताह मृत्युदर एक दशमलव तीन आठ प्रतिशत से घटकर एक दशमलव एक सात प्रतिशत हुई है

बैंक समय राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने कोरोना कर्फ्यू के नए नियमों के चलते बैंकों के कार्य में समय का बदलाव किया है आज से बैंकों में दोपहर एक बजे तक ही लेनदेन होगा और दो बजे बैंक बद हो जाएंगे बीते कल इस संबंध में समिति ने सभी बैंक व वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ ऑनलाईन बैठक के दौरान यह निर्णय लिया है

कोरोना कर्फ्यू में एटीएम खुले रहेंगे फाईव जी कोविड केंद्र सरकार ने इन अफवाहों का खंडन किया है कि कोविड संक्रमण फाईव जी टैक्नोलॉजी के कारण फैल रहा है संचार मंत्रालय ने कहा है कि कई सोशल मीडिया मंचों से इस बारे में भ्रामक संदेश दिए जा रहे हैं कि कोविड संकमण की दूसरी लहर फाईव जी मोबाइल टाबरों के परीक्षण के कारण आई है मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह खबरें पूरी तरह बेबुनियाद और बेतुकी हैं मंत्रालय के अनुसार फाईव जी टैक्नोलॉजी और कोविड महामारी को जोड़ने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और फाईव जी नेटवर्क का परीक्षण अभी भारत में कहीं भी शुरू नहीं हुआ है मोबाइल टाबर से कम रेडियो फ्रीक्वेंसी का गैर आयनिक वी किरण पैदा होता है और इससे मनुष्य सहित किसी भी जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कोरोना से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण का शीर्षक है लोगों की जान बचाने के लिए लगाई पाबंदियां दिव्य हिमाचल के शब्द हैं कालाबाजारी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे आपका फैसला के अनुसार प्रदेश में कालाबाजारी की गुंजाइश नहीं जो करेगा वो भुगतेगा कोरोना कफ्र्यू पर अमर उजाला की सुर्खी है तीन घंटे की ढील में उमड़ी भारी भीड़ कहीं दूटे नियम तो कहीं लग गया जाम दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है हिमाचल प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमाएं सील पुलिस की चौकसी बढ़ाई गई निर्माण कार्यों से जुड़ी खबर पर दिव्य हिमाचल लिखता है निर्माण कार्यों के लिए रेत बजरी की ढुलाई को छूट बिलासपुर सिरमौर को छोड़कर सभी जिलों ने जारी किए आदेश

अमर उजाला की एक खबर है बैंकों में आज से दोपहर एक बजे तक ही होगा लेनदेन आधार केंद्र किए बंद

जबकि आपका फैसला का कहना है हिमाचल में आज से भारी बारिश अंधड़ और ओलावृष्टि का अलर्ट

नमस्कार